न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई सीवीसी और केन्द्र से जवाब मांगा है यह याचिका आलोक वर्मा ने दायर की है

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि श्री राव द्वारा लिए गए सभी फैसले अदालत में सील बंद लिफाफे में पेश किए जाएं

श्री जेटली ने कहा कि सरकार किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार सीबीआई की दक्षता साख और संवैधानिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के पक्ष में है

प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान प्रभारी अविनाश पाण्डे नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने भी भाग लिया

बैठक में संभाग के जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया उन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चूनाव कराने के संबंध में चर्चा की उन्होंने बताया कि समाज का हर वर्ग बढ चढकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और कई माध्यमों से जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी की निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिये चलाई जा रही स्वीप गतिविधियों के तहत इस बार कई नवाचार किय जा रहे है स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज आकाशवाणी केन्द्र में कलाजत्थों ने लोकगीत प्रस्तृत किए और मतदाताओं से वोट डालने की अपील की झालावाड से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदाताओं की मतदान से संबधित समस्याओं और आशंकाओं को दूर करने के लिये इस बार चुनाव आयोग मतदाताओं के घर वोटर स्लिप के साथ वोटर गाईड प्रस्तिका भी भेजेगा इससे मतदाता घर बैठे ही मतदान की प्रकिया को समझ सकेंगे

उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग ने जिले में मतदान बूथ तक दिव्यांगों को लाने के लिए वाहन के साथ अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं राजसमंद में मतदाता जागरूकता के तहत अलग अलग क्षेत्रों में कार्यकम आयोजित किए जा रहे हैं आज स्काउट गाईड द्वारा राठासेन माताजी मंदिर से पूरानी कलेक्ट्री तक केंडल मार्च निकाली जाएगी प्रतापगढ में बारावरदा उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली श्रीगंगरानगर जिले के श्रीकरणपुर में आज मतदान दलों को पहला प्रशिक्षण दिया गया

उधर बांसवाड़ा के घाटोल को सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र माना गया है वहीं जिले के कुशलगढ विघानसभा क्षेत्र में आज चार मतदान केन्द्र संवेदनशील बताए गए हैं जहां सुरक्षा के लिए विशेष बंदोबस्त किए जाएंगे

बैठक में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य दलों से गठबंधन करने का निर्णय लिया गया बैठक के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री दयाराम महरिया ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवाडी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में तय किया गया कि उन्हीं दलों से गठबंधन किया जाएगा जो पार्टी की घोषित नीतियों से सहमत होंगे उन्होंने बताया कि गठबंधन पूर्ण होने पर संयुक्त चुनाव अभियान संचालित किया जाएगा श्रीगंगानगर शहर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है स्थापना दिवस पर आज सुबह मैराथन हुई जिला कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं की ओर से इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

यह मेला चार नवम्बर तक चलेगा मीडिया से बातचीत में श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि देश भर की महिला किसान और उद्यमी इस मेले में अपने उत्पाद बेच रही हैं उन्होंने बताया कि इस मेले में तीन करोड़ रूपये का कारोबार होने का अनुमान है

न्यायाधीश निर्मलजीत कौर और विनीत माथुर की खंडपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर यह निर्देश दिए हैं खंडपीठ ने कहा कि पुलिस गुमशुदा बालिकाओं को ढूढने के लिए आधुनिक साधनों को इस्तेमाल कर पता लगाए

हमारे संवाददाता ने बताया कि जोघपुर में यह लगातार चौथा कैंप है

इस श्रृंखला में मनोज खाती को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और भगवान शर्मा श्रेष्ठ गेंदबाज का खिताब मिला

नागौर जिले के रोल गांव में जुबा शरीफ मुबारक का उर्स आज सम्पन्न हो गया ब्रंदी जिले के लम्बाखोह में आज शाम बाबा रामदेव के मेले में मैरव राक्षस का दहन होगा कर्सबे में चारभूजा मंदिर से शोभायात्रा निकाली जा रही है जिसमें झांकियां और अखाड़े शामिल हैं राजसमंद में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृद्वाश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया इस दौरान वहां कई अनियमितता पाई गई